इसे विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा

नाबालिगों समूहों या अनुसूचित जातियों और अन्सूचित जनजातियों के लोगों के धर्म परिवर्तन के मामलों में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संशोधन अध्यादेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अध्यादेश मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर संशोधन अध्यादेश और मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेशसहित अन्य अध्यादेशों को भी मंजूरी दे दी किसान बातचीत केन्द्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कल बातचीत के लिए आमंत्रित किया है सरकार और किसानों के बीच यह छठे दौर की बातचीत होगी

बैठक में किसान कानूनों के आलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा वाय् ग्णवत्ता और बिजली से ज्डे कानूनों पर भी चर्चा होगी प्रधानपमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कल सौवीं किसान रेल को रवाना करते हए कहा था कि कृषि क्षेत्र के सुधार में पारदर्शिता लाने की उनकी सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनडीए सरकार पूरी ताकत और समर्पण के साथ किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेगी

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गलियारा आत्मनिर्भर भारत का माध्यम बनेगा और किसान रेलगाडियों की मदद करेगा

इस मालवाहक गलियारे के ख्लने से मौजूदा कानप्र दिल्ली लाइन पर भीड़ भाड़ कम होगी और रेलवे ज्यादा तेजी से रेलगाडियां चला सकेगा इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समर्पित माल गलियारे से नए रास्ते खुलेंगे

उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की यह राशि डीबीटी के जरिए छात्रों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी

इस अभ्यास का उददेश्य टीकाकरण की चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि इस पूरे अभ्यास को बाधारहित बनाया जा सके मंत्रालय ने बताया कि दो दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अन्भव उपलब्ध होगा इससे कोविड टीकाकरण की जांच करने तथा संबंधित च्नौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित द्वष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है अभ्यास के दौरान मिली जानकारी और सुझाव राज्यों और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाएंगे

यह प्रशिक्षण वॉटर एड संस्था के तकनीकी सहयोग से ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है इस प्रशिक्षण में स्व सहायता समूह की महिलाएँ किशोरी बालिकाएँ आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएँ शामिल होंगी वाहन एयरबैग यात्री स्रक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार वाहनों की अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठने वाले यात्री के लिए एयरबैग अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नये वाहनों के लिए अगले वर्ष पहली अप्रैल से और प्राने वाहनों के लिए अगले वर्ष पहली जून से इसे लागू करने का प्रस्ताव किया है मंत्रालय ने इसके मसौदे की अधिसूचना अपनी वेबसाइट पर डाल दी है

तानसेन समारोह भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित पाँच दिनी तानसेन महोत्सव के चौथे दिन एक से बढ़कर एक प्रस्त्तियाँ हई जयप्र से आईं ध्पद गायिका डॉ मध् भट्ट तैलंग की प्रस्त्ति ने रसिकों पर गहरी छाप छोड़ी वहीं कोलकाता से आए अग्रणी पंक्ति के कलाकार स्गातो भाद्ड़ी का मैंडोलिन वादन स्नकर ग्णीय रसिक मंत्रम्ग्ध हो गए दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्त्ति भी हई कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के सुप्रतिष्ठित गायक कावालम श्रीकुमार ने राग रसिक प्रिया में गायन किया

इस सभा में प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह क्शवाह भी मौजूद रहेंगे इस संगीत सभा में पं जगत नारायण शर्मा का पखावज वादन हेमांग कोल्हटकर का गायन एवं स्श्री सोमबाला सातले कुमार का ध्रपद गायन होगा सभा के प्रारंभ में तानसेन संगीत कला केन्द्र एवं सारदा नाद मंदिर ग्वालियर का ध्रपद गायन होगा मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है सभी जगह न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है मौसम विभाग के अन्सार पश्चिम की तरफ से ऊपरी हवा में चक्रवात बन रहा है इससे उतर में बर्फबारी हो रही यह स्थिति करीब चार पांच दिन तक जारी रहेगी

शिवप्री में ठंडी हवाओं का दौर जारी है इसके कारण सर्दी का जोर बढ़ गया है दिन के समय ध्य निकलने से लोगों को राहत मिली लेकिन सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित है लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं खंडवा जिले में ठंड का असर देखने को मिल रहा है

औदयोगिक टैरिफ नहीं बढ़ने से बिजली का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर बिजली बिलों का भार नहीं बढ़ेगा

इस अवसर पर लोक कल्याण शिविर भी लगाया गया